उसके बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा श्री पिथोड़े की ओर से जारी किए गए वक्तव्य में कहा गया है कि अभी जो व्यवस्थायें लागू हैं उसी अन्सार दूध सब्जी और किराना द्कानें चालू रहेंगी अन्य कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है

म्स्लिम धर्मावलंबी घर र ही रहकर इबादत कर रोजा रख रहे हैं राजधानी भो ाल में मुस्लिम धर्मावलंबी मस्जिदों में नहीं जाकर जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों के अन्रू अ ने अ ने घरों र ही इबादत कर रहे हैं

प्रदेश के अन्य नगरों से मिली खबरों के अन्सार वहां भी धर्मावलंबी घरों से नहीं निकले एक महीने तक चलते वाले माह ए रमजान के लिए थे ज म्स्लिम सम्दाय के लोगों ने हला रोजा रखा

शिव री जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए थे मजनों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है

इसका उद्देश्य समाज में मलेरिया से बचाव जांच और उ चार के प्रति जागरूकता लाना होता है

छिंदवाड़ा कलेक्टर डॉश्रीनिवास शर्मा द्वारा दिये गये निर्देशों में इंडिया श्रीस्ट मेंट बैंक के माध्यम से जिले के विकासखंड हर्रई अमरवाड़ा और चौरई में विशेष शिविर सं न्न ह्ये

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ डीएस चौहान ने बताया कि यह महिला इंदौर में अ ना इलाज करवा रही है वहीं इनका सेम ल लिया गया था और जांच रि ोर्ट प्राप्त होने र कोरोना ॉजिटिव ाई गई